हनर के म्ताबिक उदयोगों में भी मिलेगा काम

इन विशेष रेलगांडियों में चार श्रेणियों के दिव्यांगजनों और ग्यारह श्रेणियों के रोगियों को ही रियायत मिलेगी

एक जून से चलने वाली विशेष गाड़ियों में सामान्य किराया होगा और द्रसरी श्रेणी की सीट का श्ल्क लिया जाएगा सभी यात्रियों को सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी किराये में खानपान का श्ल्क शामिल नहीं है और न ही खानपान के लिए पूर्व भ्गतान की स्विधा है

एक ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों और विमानन कम्पनियों को सोमवार से संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है

दिव्यांग कर्मचारियों को भी इसी तरह की छूट मिलेगी प्रवासी श्रमिक मजदुरी म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया जाए जिससे उनके जॉब कार्ड बनवाए जाकर उन्हें मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जा सके उन्होंने कहा कि पंजीयन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि मजदूर क्शल है अक्शल है अथवा अर्द्धक्शल है

श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे

बालाघाट डिंडोरी पन्ना दमोह गुना मंडला सिवनी उमरिया राजगढ़ सिंगरौली टीकमगढ़ और छतरपुर में भी ट्रेवल हिस्ट्री की वजह से संक्रमण पहंच गया है

गुना में दो मरीजों में कोरोना वायरस का पता चला है सीएमचओ डॉ पी ब्नकर ने बताया है कि इनमें से एक महिला गर्भवती है

गौरतलब है कि मंत्रालय एवं अन्य राज्य स्तरीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से कार्य प्रारंभ करने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों में उक्त संशोधन कर शासन के सभी विभागों और विभागाध्यक्ष को पत्र जारी किया गया है वहीं इस संबंध में पर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे निजी क्लिनिक इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अन्य बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने निजी क्लिनिक खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है

तुफान स्पर साइक्लोन उम्प्न कल दोपहर बाद पश्चिम बंगाल में दीघा के निकट पहंच गया

मौसम केंद्र भोपाल के अन्सार इस तूफान का प्रदेश पर कोई असर नहीं होगा

हनर के मुताबिक उदयोगों में भी मिलेगा काम